इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे

दोपहर तक चुनाव परिणाम आ जाने का अनुमान है पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है

एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता और सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच तालमेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है आधार कार्ड ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे ऊना में कल झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक में उन्होंने यह बात कही उपायुक्त ने कहा कि इन बच्चों के आधार कार्ड स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बनाए जाएंगे और डाईट देहलां के प्रधानाचार्य को उन्हें सत्यापित करने का अधिकार होगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज हल्के बादल छाए हए हैं पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने से तापमान में हल्की वृद्वि दर्ज की गई है जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है हालांकि प्रदेश में सुबह और शाम का तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है

एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने सरकारी दवा खरीद से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है सरकारी दवा खरीद से तीन कंपनियां ब्लैकलिस्ट फरवरी में होने वाले नए रेट कांट्रैक्ट में डब्लयूएचओ व जीएमपी की शर्त लगी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सरकारी अस्पतालों में लोकल कंपनियों की दवाओं पर रोक दैनिक भास्कर लिखता है डब्लयूएचओ जीएमपी रूल्स मानने वाली कंपनियां ही देगी अस्पतालों को सस्ती दवाइयां अमर उजाला ने खबर दी है हिमाचल में बनीं चार और दवाओं के सैंपल फेल बीबीएन की दो कांगड़ा और परवाणु की एक एक दवा मानकों पर खरी नहीं उतरी

इसी समाचार पत्र के मुताबिक थानों में नियुक्त होंगे प्रोफेशनल काउंसलर

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक आउटसोर्स की जगह जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे पैरा वर्कर

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है किसानों की आय को दोगुना करना है लक्ष्य

पंजाब में कशर मालिकों से गुंडा टैक्स की वसूली पांच दिन से सप्लाई ठप्प शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल लिखता है मटौर शिमला फोरलेन के फर्स्ट पैकेज का टेंडर रद्द